प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर पर ये जानकारी दी गई है

यह मुद्दा न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तुरन्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए रखा गया था लेकिन न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई उपयुक्त समय पर होगी

इस दिन को देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है

कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है

रिश्वत की राशि परिवादी से उसके द्वारा विधानसभा में किये गये सिविल कार्य के बिलां के भुगतान की एवज में मांगी गयी थी

यह राशि आरोपी द्वारा एक रिटायर्ट सिपाही से उसके नए वेतनमान के एरियर बनाने तथा पेंशन का भुगतान करने की एवज में ली गयी

शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज जोधपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि ये अंग्रेजी स्कूल अगले शिक्षा सत्र से खोले जायेंगे उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इससे पहले जिला मुख्यालयों पर एक एक अंग्रेजी स्कूल खोलने की शुरूआत की जा चुकी है उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार नवाचार करने जा रही हैं और हर विद्यालय में जरूरी सुविधाए उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास कर रही है उन्होंने बताया कि अब सरकारी स्कूलों में जितने नए बच्चों का नमांकन होगा उतने ही पौधे उस विद्यालय में लगवाएं जाएगें और इनकी परवरिश करने वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रेमी का दर्जा दिया जाएगा

स्कूलों में जिन बच्चों को दवाई पिलाई गई उन्हें आधा घंटे के लिए आब्जरवेशन में भी रखा गया

इस कार्य में बाड़मेर पहले स्थान पर सिरोही दूसरे और भरतपुर तीसरे स्थान पर रहा है यह जानकारी राजस्थान परिमण्डल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल राम भरोसा ने आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में दी

आज नई दिल्ली में जनजाति उद्यमों के लिए आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस काम में बाजार की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जायेगा अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी है और इस काम के लिए प्रोद्योगिकी और नवाचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है

कार्यक्रम में सिरोही विधायक संयम लोढा ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को बचाना होगा भरतपुर में आज राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आपदा प्रबंधन संजय अग्रवाल ने पुलिस लाइन का बारीकी से निरीक्षण किया